प्रधानमंत्री सवालों के जबाब देंगे और कृछ चुनिन्दा विद्यार्थियों से बात करेगें इस कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे

केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से नवीं कक्षा की छात्रा तन्वी भोयर और उज्जैन से ओम परमार का चयन भी इस कार्यक्रम के लिए हुआ है वहीं छतरपुर जिले से कांची श्रीवास्तव वैभव सिंह चन्देल विदुषी रावत और लवकुश नगर के आयुष रैकवार सहित चार विद्यार्थियों का भी चयन किया गया है

इसके तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है इस सप्ताह के दौरान आजमन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिये नुक्कड़ नाटक जागरूकता रैली और दृश्य या श्रव्य जैसे माध्यमों से प्रचार जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएगी विद्यार्थियों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाने को लिये चित्रकला वाद विवाद पोस्टर निबंध और नारा लेखन जैसी प्रतियोगिता का आयोजन होगा सतना मंडला सहित अन्य जिलों में भी सड़क सुरक्षा के अंतर्गत यातायात नियमों की जानकारी देने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है भाजपा सीएए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कल जबलपुर में जनसमर्थन सभा को संबोधित करेंगे श्री शाह की सभा की तैयारियों जोरो पर हैं हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और संगठन मंत्री सुहास भगत ने सभा स्थल का जायजा लिया उधर डिण्डोरी में केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज प्रबुद्धजनों को संबोधित कर रहे है इन्दौर में आज इस कानून के समर्थन में भारत सुरक्षा मंच द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया उमरिया में भी आज जागरूकता मंच द्वारा रैली निकाली गयी

हमने सरकार से इस पद्धति को मान्यता देने की मांग की है उन्होने बताया कि उन्हें इलाज की पात्रता तो हासिल है लेकिन अब तक मान्यता नहीं मिली है क्योंकि मान्यता संबंधी मामला लोकसभा में लंबित है

इस मौके पर प्रदेश में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया उपराष्ट्रपति एमवैकेया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्वाजलि अर्पित की एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाये रखने और देश को किसानों और सैनिकों के योगदान को महत्व देने के लिये लालबहाद्र शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया भोपाल के मिन्टोहाल स्थिल उनकी प्रतिमा पर प्रष्पांजलि अर्पित की गयी

उत्तरप्रदेश के जतिन कुमार कनौजिया तीन स्वर्ण पदक के साथ अपनी विजय यात्रा जारी रखे हुए हैं

मौसम प्रदेश इन दिनों ठंड से ठिवुर रहा है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीली हवाओं से भोपाल सहित नौ शहर श्योपुर सागर दतिया शाजापुर नरसिंहपुर धार खरगोन और टीकमगढ़ में कल शीतल दिन रहा विभाग के अनुसार आज भी मौसम के तेवर लगभग ऐसे ही बने रहने के आसार है

उमरिया जिले के सभी शासकीय स्कूलों में पालक शिक्षक बैठक का आयोजन हुआ